ये फैसला कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया जयप्र जोधप्र कोटा बीकानेर उदयपुर अजमेर अलवर और भीलवांडा जिला मुख्यालयों पर बाजार रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में जाने वाले दवाइयों सहित अतिआवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित लोगों और बस ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने वाले को आने जाने के लिए छूट दी गई है

स्टाफ को रोटेशन के आधार पर ही बुलाया जाएगा

प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज से जुड़े कुछ अस्पतालों को जरूरत पड़ने पर कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जा सकेगा

इधर राज्य में अब तक दो लाख सोलह हजार पांच सौ उन्यासी लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं

इस बीच प्रदेश में कल कोरोना के रिकॉर्ड मरीजों की पुष्टि हुई ये संख्या तीन हजार से ऊपर पहुंच गई

चुनाव विभाग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को गो संरक्षण और संवर्धन का संदेश हुए गोपाष्टमी पर्व की श्भकामनाएं दी हैं गोपाष्टमी पर प्रदेशभर में आज विभिन्न स्थानों पर गायों का पूजा अर्चना की जा रही है और परम्परागत रूप से पर्व मनाया जा रहा है

स्थापना दिवस समारोह की शुरूआत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम में जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित कर की गई